कैबिनेट विनिवेश केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के पांच कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की अनुमति दे दी है मंत्रिमण्डल की आर्थिक मामलों की समिति ने कल षाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हई बैठक में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारतीय जहाजरानी निगम भारतीय कंटेनर निगम उत्तर पूर्वी विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में विनिवेश की मंजूरी दी इन सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल सामाजिक क्षेत्र और लोगों के लाभ के लिए सरकार के विकास कार्यक्रमों में किया जाएगा

टेलीकॉम राहत केन्द्र सरकार ने वित्तीय संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनियों को राहत देते हुए उनके लिए स्पेक्ट्रम किश्त का भुगतान दो साल के लिए टाल दिया है केन्ट्रीय मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में यह फैसला किया गया

श्री सिंघार ने कल कहा कि राजस्थान में हजारों प्रवासी पक्षियों की हुई मृत्यु को देखते हुए राज्य में सभी जरूरी ऐहतियाती कदम उठाए जाएं प्रदेश में हर साल अक्टूबर से दिसम्बर के मध्य लाखों की तादाद में प्रवासी पक्षी आते हैं अधिकतर साइबेरिया से आने वाले ये पक्षी ठण्ड के कारण हिमालय की ऊंचाइयों को भी पार कर प्रदेश में पहुंचते हैं अभयारण्य निर्माण वन मंत्री उमंग सिंघार की पहल पर प्रदेश में बाघों के सुरक्षित विचरण और मानव वन्यजीवों के बीच सघर्ष को रोकने के लिये नये अभयारण्यों के निर्माण की कार्यवाही जारी है धार बुरहानपुर हरदा इंदौर नरसिंहपुर सागर सीहोर श्योपुर मण्डला और ओंकारेश्वर में अभयारण्य विकसित होने से बाघों के लिये एक सुरक्षित कॉरिडोर बन सकेगा आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह अभयारण्य दो जंगलों के बीच ऐसे स्थान पर विकसित किये जाएंगे जहाँ हरियाली और गाँव नहीं हैं और जैव विविधता विकास की संभावनाएँ हैं लर्निंग लायसेंस पूरे प्रदेश की तरह इंदौर जिले में भी महाविद्यालय की छात्राओं के लिए निःशुल्क लर्निंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं अब तहसील स्तर पर भी छात्राओं और महिलाओं के लिए परिवहन विभाग शिविर लगाकर लर्निंग लाइसेंस बनाएगा ताकि उन्हें इसके लिए जिला मुख्यालय तक नहीं आना पड़े

इस नवाचार द्वारा दुष्टि बाधित और अल्प दृष्टि बाधित स्कूली बच्चों के लिये आइकफ आश्रम में कल एक कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में प्रदेश के सभी जिलों के मोबाइल स्रोत सलाहकार को ऑनलाइन संचालन के लिए प्रशिक्षित किया गया

ऑडिटोरियम का नामकरण सांदीपनि ऋषि के नाम पर रखा गया है

राज्यपाल ने कल इस बारे में कहा कि प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली की विशिष्टता और सभी के लिए समान रूप से उत्कृष्ट गुणवत्ता की शिक्षा की उपलब्धता थी गुरुकुल में राजा और रंक के बीच कोई भेदभाव नहीं होता था उन्होंने कहा कि उज्जैन में महर्षि सांदीपनि का आश्रम ऐसा ही विद्या केन्द्र था

मौसम उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के कारण प्रदेश में ठंड का असर पड़ने लगा है मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के वरिष्ठ वैज्ञानिक एके शुक्ला ने कल बताया कि प्रदेश में कहीं कहीं हल्के बादल छाये हुए हैं जिससे तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं हो रही है

पीड़ितों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है